ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल चम्बा जिला के भरमौर सिरमौर के पच्छाद और सोलन जिला के दून व हमीरपुर के भाजपा मंडल की वर्चुअल रैलियों को सम्बोधित करते हुए दी

अनुराग ठाकर केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि व्यापारियों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा घोषित तीन लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से उद्यमियों को अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी उन्हें आसान ऋण प्रदान किया जाएगा जिसे वे चार साल के भीतर चुका सकते हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें देश व प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न संकट में प्रभावी ढंग से निपट रही है वे कल मंडी जिला के सरकाघाट भाजपा मंडल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली को सम्बोधित कर रह थे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन को लेकर अधिकारियों को हर ज़िले में समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कल शिमला में कहा कि इन बैठकों में राज्य में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने पर भी विचार होगा साथ ही ज़िलों में विकास कार्यों सहित आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने पर भी इन बैठकों में विचार किया जाएगा इन समीक्षा बैठकों को विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री योजना बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य सचेतक संबोधित करेंगे कोरोना अपडेट ऊना जिले में बीती रात सात नए कोरोना पॉज़िटिव मामले सामने आए हैं

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल को राहत नहीं एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत

क्वारंटाइन नियमों में किये गए बदलाव पर पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रवासी मजदूर बिना क्वारंटाइन के कार्यस्थलों पर शुरू कर सकेंगे काम दैनिक भास्कर का कहना है इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम से आने वाले लोगों को नहीं होना पड़ेगा होम क्वारंटाइन दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना संक्रमित शहरों से आने वालों का होगा संस्थागत क्वारंटाइन जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं क्वारंटीन नियमों में फिर बदलाव अमर उजाला की एक खबर है करोड़ों का सेब सड़ने की आशंका के बीच प्रदेश के बागवान हुए एकजुट मैदानी क्षेत्रों से कुल्लू मनाली और लाहौल स्पिति के लिये रवाना हुए भेड़ पालकों पर दैनिक भास्कर की सचित्र सुर्खी है जमी बर्फ पर चली जिन्दगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को आपका फैसला ने लिखा है आर्थिक पैकेज को लेकर प्रदेश के हर जिले में होगी समीक्षा बैठक